मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने शिमला से अनुसूचित जाति मोर्चा संगठन ज़िला पालमपुर की वर्चुअल रैली को संबोधित करते हुए ये जानकारी दी जयराम ठाकुर ने कहा कि अनुसूचित जाति से संबंध रखने वाले विद्यार्थियों को विभिन्न योजनाओं के तहत छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है ताकि परिवार की कमजोर आर्थिकी के कारण उनकी शिक्षा प्रभावित न हो

प्रैनो इस बीच मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र आज शिमला से भाजपा महिला मोर्चा और अनुसूचित जनजाति मोर्चा संगठनात्मक ज़िला चंबा की वर्चुअल रैलियों को संबोधित करेंगे

अब यह योजना सितम्बर तक लागू रहेगी पहले यह तीस जून को समाप्त हो रही थी

इनमें कोविड रोगियों के सीधे संपर्क में आने वाले और संक्रमण के जोखिम वाले सामुदायिक स्वास्थ्य कर्मी शामिल हैं इस योजना के लिए स्वास्थ्य और कल्याण मंत्रालय से संचालित राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई कोष के तहत धनराशि उपलब्ध करायी जाती है डॉक्टर नर्स अर्ध चिकित्सा कर्मी सफाई कर्मी तथा केन्द्र और राज्य सरकारों के अस्पतालों में काम कर रहे कुछ अन्य कर्मचारी बीमा सुरक्षा के तहत आते हैं इस योजना के तहत बीमा सुरक्षा लाभार्थी की अन्य बीमा सुरक्षा से अलग होगी

कोरोना पॉजीटिव पाए गए अधिकतर लोग बाहरी राज्यों से हिमाचल वापस लौटे हैं

अमर उजाला के शब्द हैं निजी ऑपरेटर माने सूबे में आज से दौड़ेगी बसें

दिव्य हिमाचल के शब्द हैं हिमाचल में आज से फिर दौड़ेगी निजी बसें फर्जी डिग्री मामले से जुड़ी खबर को अमर उजाला ने शीर्षक दिया है नशा मुक्ति केंद्र में मिला मानव भारती विवि का रिकार्ड संचालक गिरफ्तार

हिमाचल में बनने वाली फैबिफलू दवा से ठीक होंगे कोरोना मरीज इसी पत्र की एक अन्य खबर है

टूरिस्ट इंडस्ट्री को बड़ी राहत देने की तैयारी दिव्य हिमाचल की एक खबर है